राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में होगी सहायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपूर में साठ करोड़ पैंसठ लाख रूपये लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ पांच नये मामले सामने आए जबकि इस दौरान दो सौ सत्रह लोग हुए स्वस्थ

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के जरिए कल बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तोरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है सही कर रहा है गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है आप देखिये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रयानमंत्री थे क्या उनकी इस पहचान को आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेता जी को मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया महाराजा सुहेलदेव की एक सौ बारहवीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल वर्च्अल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ीं परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोडे पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफिटेरिया गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू होने वाले निर्माण कार्य लोगों को प्रेरित करेंगे और मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष दो हजार चौदह तक चौदह मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर चौबीस हो गये हैं साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके अलावा राज्य में बाईस और नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वाराणसी में आध्निक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं जिनमें पर्यटन का विकास और अयोध्या तथा क्शीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आते हैं रत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का कृन्दावन हो भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या कासी विश्वनाथ संत कबीर का मगहर राम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश में अप्रत्याशित विकास हो सके राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगी

उन्होंने कहा कि समाज में बाल विवाह जैसी क्प्रथाओं का अंत होना चाहिए उन्होंने लोगों से ऐसे समारोहों का बहिष्कार करने की अपील की राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा श्रीमती पटेल ने टीबी जैसी भयावह बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के रिक्षकों को टीबीग्रस्त एक एक बच्चे को गोद लेने का आहवान किया

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नदियों को प्रदृषणमुक्त करने और उनके साँदर्यीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रयागराज में गंगा का जल निर्मल हुआ है इसी प्रकार गोरखपुर की राप्ती नदी को भी स्वच्छ करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी के तट पर जिन तीन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें नदी के बाएं तट पर रामघाट तथा गुरू गोरबनाथ घाट और दाएं तट पर राजघाट का निर्माण शामिल है नदी के दोनों तटों पर पक्के घाट बन जाने से नदी किनारे का सौंदर्य देखते ही बनता है इन घाटों के निर्माण से यहां पर्व इत्यादि पर स्नान के लिए आने वाले लोगों को काफी सहलियत होगी साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी के तट पर कल संघ्या आरती भी की उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सुक्षिाएं उपलब्ध करा सकती है तोकिन इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लोगों को ही उगनी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर की रामगढ़ झील का कायाकल्प किया गया जिसके बाद यहां रोजाना सैकड़ों पर्यटक सैर के लिए आते हैं उन्हॉने कहा कि अगले महीने गोरखपुर में चिड़ियाघर भी शुरू हो जाएगा जिसके बाद यह पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बनकर उमरेगा आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है राज्य में सक्रिय मामले भी प्रतिदिन घट रहे हैं बत्तीस जिलों में कल कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया

स्वास्थ्य विमाग के अनुसार प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है और ब्रहस्पतिवार को फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना की खुराक दी जायेगी

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ बसंत पंचमी का पर्व कल प्रदेशमर में धार्मिक श्रद्वा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया श्रद्वालुओं ने प्रदेश की सभी पवित्र नदियों में स्नान पूजा पाठ और दान पृण्य किया प्रयागराज में संगम तट पर कल बसंत पंचमी पर पवित्र स्नान के बाद कल्पवासी अपना कल्पवास पूरा कर अपने अपने घरो की ओर चल दिए हैं उधर बसत पंचमी पर कल से मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में चालीस दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव का भी श्भारम्भ हो गया वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में होली खेली गयी श्री बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ने के साथ ही व्रज की परम्परागत होली का श्भारम्भ हो जाता है वहीं वन्दावन में यमुना तट पर बसंत पंचमी से वैष्णव कृम्भ का शुभारम्म हो गया तीनों अनी अखाड़ो के महन्तो की अगुवाई में ध्वजारोहण विधि विधान से सम्पन्न हुआ साध् संतों ने नगर में शाही सवारी निकाली हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि यमुना तट पर कृम्भ नगरी सज गयी है और हठ योगी धूनी रमा रहे हैं परम्परा के अनुसार हरिद्वार कुम्म से पहले वैष्णव सम्प्रदाय के संत महन्तों के आध्यात्मिक संगम के रूप में वैष्णव कुम्म बैठक का आयोजन होता है